श्री मोदी ने हिंद प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के प्रति भारत की वचनबद्वता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के अंतर्गत पीएसआईडीएस देशों में प्रभावशाली विकास परियोजनाओं के लिए एक करोड़ बीस लाख अमरीकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की इससे इस क्षेत्र के प्रत्येक देश को दस लाख डॉलर मिलेंगे ताकि वह अपनी पसंद की परियोजना में निवेश कर सके इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की जरुरत के लिए पन्द्रह करोड़ डॉलर की रियायती ऋण सुविधा की भी घोषणा की गई जिसका लाभ पीएसआईडीएस राष्ट्र सौर और नवकरणीय ऊर्जा तथा जलवायू परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं में निवेश के लिए कर सकते हैं बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पीएसआईडीएस के मूल्य समान हैं और उन्हें एक साझा भविष्य के लिए काम करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के प्रति समान रूप से प्रतिबद्द है और वह पीएसआईडीएस को इस बारे में उनके लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगा

तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के हिम्मत की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कुरीति के खात्मे और अपने हक के लिये संघर्ष का जो जज्बा उन्होंने दिखाया है वह तारीफ के काबिल है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने पीड़ित महिलाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें कमजोर नही पड़ने देगी उन्होंने कहा कि इन्साफ नही मिलने तक सरकार हर पीड़ित को वर्ष में छः हजार रूपये देगी पात्रता के अनुसार केन्द्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी उन्हे दिया जायेगा श्री योगी ने कहा कि सरकार तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की निःशुल्क पैरवी करेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करने के लिये सभी मण्डलों में संवाद के कार्यक्रम आयोजित किये जाएं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री महेन्द्र सिंह रमापति शास्त्री नन्दगोपाल नंदी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे

इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर श्रवणबाधित बच्चों के अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों से संवाद किया और श्रवणबाधित बच्चों को शिक्षण सामग्री भेंट की एक ट्वीट सन्देश में मुख्यमंत्री ने पंडित जी को श्रद्वांजलि देते हुये कहा कि पंडित जी के विचार आज भी प्रासंगिक है उनके दर्शन से प्रेरित होकर केन्द्र और प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम पायदान तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है इस अवसर पर मथुरा में उनके जन्म स्थान नगला चन्द्रभान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तराखण्ड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं

यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा इकतीस अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी गृह मंत्रालय ने इस महीने की बीस तारीख को अधिसूचना जारी की थी ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा

प्रदर्शनी में नमामि गंगे विभिन्न नदियों को जोड़ने वर्षा जल संचयन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और अन्य जल परियोजनाओं को दर्शाया गया है संवाददातओं से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्वच्छता और जलापूर्ति को प्राथमिकता दी है पीने का पानी हर घर तक पाइप के माध्यम से नल के माध्यम से पहुंचे सरकार इसके लिए संकल्पबद्व है

निश्रवित रूप से ऐसे समय में भारत के लिए यह विषय अत्यंत ही उत्साहवर्द्वक भी है और अत्यंत ही चुनौती भरा भी है श्री शेखावत ने बताया कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है